कहा स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता अक्षम्य

एक सौ तिहत्तर मरीज स्वस्थ हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड नाइन्टीन महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम अट्ठारह सौ सत्तानबे में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड नाइन्टीन महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा आरोग्यकर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैस्मेन्ट अब बदाश्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संख्यण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी सेवियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस लाने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्यकर्मी अपना जीवन खतरे में डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं उनसे अभद्रता अक्षम्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस या दस से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं गृह विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री ने इन जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के भी निर्देश दिए श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में बत्तीस जिलों में कोविड नाइन्टीन का एक भी मामला नहीं है कोरोना प्रभावित जिलों में से दस जिले पीलीमीत हाथरस महराजगंज लखीमपुरखीरी बरेली प्रयागराज बाराबंकी शाहजहांपुर हरदोई और कौशाम्बी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं बाइस जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता और साक्धानी बरतने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं इस अवधि में स्कूल बंद हैं इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ बारह मामलों की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या एक हजार चार सौ उन्चास हो गई है एक सौ तिहत्तर मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं राज्य के तैंतालीस जिलों में कोविड नाइन्टीन के एक हजार दो सौ पचपन सक्रिय मामले हैं आगरा जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है यहां तीन सौ चौबीस लोग कोरोना से संक्रमित हैं लखनऊ में कोविड नाइन्टीन से एक सौ सत्तर गौतमबुद्ध नगर में एक सौ तीन सहारनपुर में अट्ठानबे मुरादाबाद में चौरानबे मेरठ में बयासी कानपुर नगर में इक्यासी फिरोजाबाद में पैंसठ और रायबरेली में तैंतालीस लोग संक्रमित हैं रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरू लगातार मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील कर हैं बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुददीन ने भी लोगों से तरावीह की नमाज घरों में ही पढ़ने और लॉकडाउन का पूरी तरह अमल करने की अपील की मेरी तमाम लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें रमजान में जहां रोजे का एहतमाम करें

वहीं साथ में लॉकडाउन का पालन करें इसलिए कोरोना मुवलिक मर्ज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और रोजाना जानें जा रही हैं तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है और अपील है कि रमजान शरीफ में लॉकडाउन का पालन करें और तरावीह मस्जिदों में जाने के बजाय अपने घरों में पढ़ें

कोरोना महामारी के संकट के बीच सरकार लगातार किसानों मजदूरों श्रमिकों और जरूरतमंद व्यक्तियों को हरसंभव मदद पहुंचा रही है बलरामपुर के किसान संतोष कुमार पांडे के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दो हजार रूपए आए हैं मुश्किल समय में सरकार की मदद से उन्हें थोड़ी राहत मिली है संतोष कुमार पाण्डेय महादेव मिरलूठिया का रहने वाला हूं जिला बलरामपुर हमें दो हजार रूपये किसान सम्मान निधि र्योजना के तहत हमें जो मिला है ये हमें काफी सहयोग करेगा इस समय गन्ने की सिंचाई बुड़ाई और खाद देने की बहुत आवश्यकता थी जिसे हमें जो ये दो हजार रूपया मिल गया है उससे हमारी खेते की सिंचाई हो जाएगी

और इससे हमें काफी सहयोग मिला है कन्नौज की गायत्री के जनधन खाते में पांच सौ रूपये आए हैं उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर मिला है साथ ही निःशुल्क राशन भी मिल रहा है

गैस मिली फ्री पांच सौ रूपया आये

सब चीज सही है और अब कुछ संक्षिप्त समाचार बलिया के जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने कहा कि जिले में विभिन्न महानगरों से लौटे छह हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उनके मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएंगे उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अभियान चलाकर सभी के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएं कन्नौज से सांसद सुव्रत पाठक ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में पुलिसकर्मियों मीडियाकर्मियों बैंककर्मियों और सफाईकर्मियों को कोरोना महामारी के समय उनके योगदान के लिए सम्मानित किया

प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों को जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर और फेस कवर के रूप में गमछा दिया गया ग्राम विकास अधिकारी संजय पांडे ने मजदूरों को परस्पर सुरक्षित दूरी के महत्व के बारे में भी बताया बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने कल जिले के कुंवरगांव और निगोही में संचालित गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया उन्होंने मंडी प्रभारी को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपए प्रति कुंतल की दर से ही गेहूं खरीद करने के निर्देश दिए पीलीमीत में प्रनपुर के विधायक बाब्राम पासवान लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोदी योगी जनता रसोई संचालित कर रहे हैं रसोई में बने भोजन के डेढ़ हजार पैकेट कल असहाय और निराश्रित लोगों में बांटे गए रामपुर जिले के कस्बा सैफनी के शहर इमाम अतीक उर रहमान ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में पचास हजार रूपए दिए हैं उन्होंने कल यह धनराशि जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को सौंपी श्री रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों से आगामी रमजान महीने में घरों पर ही रहकर नमाज पढ़ने और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील की गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है श्री मोदी को लिखे पत्र में बिल गेट्स ने अति सक्रिय रूप से उठाए गए कदमों की सराहना की कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण इस वर्ष नाथूला के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है सिक्किम सरकार ने अगले महीने शुरू होनें वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कराने का फैसला किया है